इसके अलावा टीकाकरण केन्द्रों पर भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध होगी

यदि किसी ने को विन के जरिए टीकाकरण के लिए ऑनलाइन बुकिंग की है तो उसे किसी भी निजी या सार्वजनिक अस्पताल में अलग से बुकिंग कराने की जरूरत नहीं होगी

गोविंद शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है और विकास कार्यों पर करोड़ों रूपए खर्च किए जा रहे हैं ये बात उन्होंने कल शाम कुल्लू जिले की शनाग पंचायत के बाहंग में जनसमस्याएं सुनने के बाद कही गोविंद ठाकुर ने कहा कि कुल्लू जिले को पर्यटन की दृष्टि से और अधिक विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं इससे पहले उन्होंने बाहंग में निशुल्क चिकित्सा शिविर का शुभारम्भ भी किया

एक सरकारी प्रवक्ता ने आज शिमला में ये जानकारी दी है ये चुनाव धर्मशाला पालमपुर मण्डी व सोलन नगर निगम और शिमला जिले के विकास खण्ड चौपाल दूटू और मण्डी जिले के धर्मपुर विकास खण्ड में पंचायती राज संस्थाओं सहित चिड़गांव नेरवा आनी निरमण्ड कंडाघाट और अम्ब नगर पंचायत में होंगे प्रवक्ता ने बताया कि इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूटस एक्ट के अंतर्गत इन क्षेत्रों में सभी सरकारी कार्यालय कार्य बोर्ड निगम शैक्षणिक संस्थान और औद्योगिक प्रतिष्ठान व दुकानें मतदान के दिन बंद रहेंगी दैनिक भोगी कर्मचारियों के लिए ये वैतनिक अवकाश होगा और जो कर्मचारी प्रदेश के विभिन्न स्थानों में कार्यरत्त है उन्हें संबंधित अधिष्ठाता अधिकारी से प्रमाण पत्र लेकर विशेष अवकाश दिया जा सकता है कांग्रे स प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष क्लदीप सिंह राठौर ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताई है राठौर ने मुख्यमंत्री के गृहक्षेत्र सराज में डॉक्टर के साथ कुछ लोगों द्वारा की गई मारपीट की आलोचना करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है उन्होंने कहा कि इस तरह के आपराधिक मामलों को किसी भी स्तर पर सहन नहीं किया जाना चाहिए

उन्होंने कहा कि शिमला शहरी परियोजना के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में आज पोषण शपथ भी दिलाई गई उन्होंने कहा कि इस दौरान महिलाओं को पोषाहार व स्वच्छता के संबंध में जागरूक किया गया

इनमें फ्रंटलाईन वर्कर स्वास्थ्य कर्मी और वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुशील शर्मा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि जिले के विभिन्न स्थानों पर टीकाकरण किया जा रहा है उन्होंने कल से शुरू होने वाले टीकाकरण अभियान के लिए लोगों से कोविड पोर्टल पर पंजीकरण करवाने की अपील की है

लाहौल स्पीति इस लक्ष्य को प्राप्त करने वाला प्रदेश का पहला जिला बन गया है